जलशक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकर ने ऊना जिले में हरोली क्षेत्र के पालकवाह में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनमंच के माध्यम से अधिकारी पारदर्शिता के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं और लोगों के समय व धन की बचत भी हो रही है

इससे पहले महेन्द्र सिंह ठाकूर ने एक बूटा बेटी के नाम योजना के तहत पौधरोपण किया और विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने सोलन जिले में नालागढ़ के बघेरी में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के जनसमस्याओं का त्वरित निवारण कर रही है उन्होंने लोगों से हिमकेयर सहारा मुख्यमंत्री कन्यादान और कौशल विकास जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने का आग्रह भी कियाँ उधर सिरमौर जिले के शिलाई क्षेत्र की अश्याडी पंचायत में शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में जनमंच का आयोजन किया गया इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनमंच सरकार व आम जनता के बीच सीधे संवाद का एक सशक्त माध्यम है

वनमंत्री गोविंद ठाकुर ने शिमला जिले में रामपुर विधानसभा क्षेत्र के झाकड़ी में आयोजित जनमंच कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश सरकार लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और समावेशी नीतियों से ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है हमीरपुर के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के टिप्पर में मुख्य सचेतक व जनमंच के प्रदेश समन्वयक नरेन्द्र बरागटा की अध्यक्षता में जनमंच का आयोजन किया गया

उन्होंने कहा कि जनमंच राज्य सरकार का एक अभिनव प्रयास है जिसके माध्यम से लोगों की समस्याओ का घर द्वार पर त्वरित व समयबद्ध निस्तारण सम्भव हुआ है कृषिमंत्री रामलाल मारकंडा ने कुल्लू उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकर ने चम्बा जिले के डलहौजी ग्रामीण विंकास और ैपचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने बिलासपुर जिले के घुमारवीं में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांगड़ा जिले के बीड़ बिलिंग को नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत मुख्य साहसिक खेल गुँतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा कांगड़ा जिले के तीन दिवसीय दौरे के पहले दिन आज बैजनाथ में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षो के दौरान प्रदेश में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र और राज्य की डब्बल इंजन सरकार हिमाचल को विकास के क्षेत्र में आदर्श राज्य बनाने की ओर अग्रसर है

उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्रदेशवासियों की समस्याओं को जल्द समाधान के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हैल्पलाईन एक एक शून्य शून्य भी आरम्भ की गई है मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं के उदघाटन व शिलान्यास किए और बैजनाथ में जलशक्ति मण्डल खोलने की घोषणा भी की सुरजकूंड सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में थीम स्टेट के रूप में हिमाचल की भागीदारी पर्यटन को बढ़ावा देने में लाभदायक सिद्ध हो रही है एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार शिल्प मेले में प्रदेश की भौगोलिक स्थिति संस्कृति लोक परम्पराएं और रीति रिवाज पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बने हुए हैं इसके अलावा हथकरघा हस्तशिल्प और अन्य उत्पादों की प्रदर्शनियों से भी राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर सहित पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा